सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

ढाका में कल बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ करने तथा इसमें विविधता लाने को वचनबद्द है श्री मोदी बांग्लादेश की दो दिन की यात्रा पर है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के पास लोकतंत्र की शक्ति के साथ साथ भविष्य की परिकल्पना भी है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में अब विदिशा उज्जैन ग्वालियर नरसिंहपुर तथा सौंसर में भी रविवार को लॉक डाउन रहेगा उधर भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं होली पर सभी दफ्तर दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे

सभी तरह की रैली जुलूस प्रदर्शन और धरने पर रोक रहेगी मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हम तिहरी रणनीति अपना रहे हैं पहला संक्रमण रोकने के सभी उपाय करना दूसरा अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था और तीसरा प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन करवाना जिससे कोरोना का संकट कम से कम हो सके प्रदेश में गत एक सप्ताह में कोरोना के प्रकरण दोगुने हो गए हैं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में अस्पतालों में कोरोना के उपचार की श्रेष्ठतम व्यवस्था रखें आवश्यकता होने पर होम आइसोलेशन से अस्पताल ले जाने की तुरंत व्यवस्था हो इंदौर जिले में भी कोविड टीकाकरण अभियान की गति बढ़ायी गयी है

सरकार ने लोगों से अपील की है कि रजिस्ट्री कराने में जल्दबाजी न की जाए

इस अवसर पर रात साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक एक घंटे के लिये गैर जरूरी विद्युत प्रकाश को बंद रख कर लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि सभी लोग इस दौरान अपने घरों और कार्यलयों में बिजली बंद रखकर ग्लोबल अर्थ ओवर कैम्पेन का समर्थन करें

वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में कराए जा रहे हैं

खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने दोनों खिलाड़ियों और कांस्य पदक विजेता सुनिधि चौहान को बधाई दी हैं

क्रिकेट इंग्लैंड ने कल रात पुणे में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को छह विकेट से हरा दिया

इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया दोनों देशों के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा

इस ऐप के माध्यम से मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को दर्शन के लिये बुकिंग कराने में आसानी होगी